यह अध्यादेश पहली अप्रैल से प्रभावी हो गया

यह राशि भी भारत की समेकित निधि में जमा कराई जाएगी

उधर उज्जैन में तीन दिन पहले मृत हयी महिला की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद यहां इससे भरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गयी है आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस महिला को तीन अप्रैल को सांस लेने में हो रही तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उसकी उसी रात मृत्यु हो गयी थी वहीं राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या ढाई सौ के करीब पहंच गई है इस बीच जिला प्रशासन ने भोपाल में कल मध्यरात्रि से सख्ती से बंद करने की घोषणा की है जिसके तहत डेयरियों और मेडिकल स्टोरों को छोड़कर सभी द्रकानें अगले आदेश तक बंद हैं कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने कहा है कि नियमों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी जबलप्र में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मददेनजर कलेक्टर भरत यादव ने आज सेनारेलवे एवं स्रक्षा संस्थानों के अधिकारियों की बैठक ली रतलाम में आज पूरी तरह लॉकडाउन रहा फल किराना सब्जी द्वकानें भी यहां पूरे समय बंद रहीं इंदौर में भी पूरी तरह लॉक डाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है शहर में पहले मरीज अब ठीक होकर घर पहंच गए हैं आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्वास्थ विभाग का दिल से धन्यवाद दिया सीधी जिले में लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है साथ ही प्रशासन दवारा हर दिन किए जा रहे प्रयासों को सूचीबद्ध किया जा रहा है नीमच कलेक्टर जितेन्द्र सिंह राजे ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की स्थिति में सभी धार्मिक आयोजन उत्सव समारोह भण्डारे लंगर आदि पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है देवास जिले में कोरोना संक्रमण के संदिग्धों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है हाल ही में छह नए मरीज ऐसे सामने आए हैं जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण होने की आशंका है इनमें खातेगांव के रहने वाले दो मरीज ऐसे भी हैं जो क्छ दिन पहले छिंदवाड़ा से लौटे हैं दोनों वहां कोरोना संक्रमित मरीज की अंत्येष्टि में शामिल हए थे उधर शहडोल में आज शहर को सेनेटाईज किया गया

रायसेन में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने के आदेश दिए हैं मुख्यालय पर नहीं रहने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी

शिवप्री में अन्य राज्यों में रुके निवासियों के भोजन व्यवस्था कराने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है सागर के ख्रई में प्र्व ग़हमंत्री भ्पेंद्र सिंह ने भी जरूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं

मख्यमंत्री चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा कार्यकर्ता एएनएम तथा स्टाफ नर्स से टेलीफोन पर बातचीत कर कोरोना नियंत्रण के लिए जमीनी स्तर पर हो रहे काम की जानकारी ली इन्दौर की स्टाफ नर्स ज्योतिका चतुर्वेदी से चर्चा करते हूए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिस प्रकार दिन रात आप अपना काम कर रही हैं उसके लिए पूरा प्रदेश आपका आभारी है ज्योतिका ने कहा कि हम मिलज्ल कर हर हाल में कोरोना को हरायेंगे इसी प्रकार इन्दौर की स्टाफ नर्स दीपशिखा गंगराडे को धन्यवाद देते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से संघर्ष आप लोगों की अदम्य क्षमता और जिजीविषा का परिचायक है उन्होंने भोपाल की एएनएम पूर्णिमा पाण्डे से भी चर्चा की हरदीप पुरी नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह प्री ने कहा है कि सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उडान सेवाएं फिर शुरू करने के बारे में कोई निर्णय अभी नहीं लिया है

विमानन क्षेत्र पर कोरोना वायरस महामारी का ब्रा असर पडा है

पार्टी की ओर जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान में एक दिन का उपवास किया और उनके प्रति आभार जताया इस बार पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि कोरोना महामारी को देखते हुए कहीं भी भीड एकत्र नहीं होने दी गयी और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया स्थापना दिवस पर म्ख्य आयोजन पार्टी के प्रदेश कार्यालय पं दीनदयाल परिसर में हआ यहां प्रदेश अध्यक्ष विष्णूदत्त शर्मा ने पार्टी का ध्वज फहराया उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने घर ध्वज लगाने के साथ गरीबों को खादयान्न वितरण कर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया शिवप्री उज्जैन अशोकनगर और सतना में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों पर रहकर भाजपा का स्थापना दिवस मनाया

जैन समुदाय के लिए महावीर जयंती सर्वाधिक श्भ अवसरों में से एक है जिसका धार्मिक जीवन में विशेष महत्व है

मंडला जिले में महावीर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है लॉकडाउन की वजह से समाज के लोगों ने घर मे ही प्जन अभिषेक किया आगरमालवा में जैन सम्दाय के लोगों दवारा गरीबों को मिठाई के साथ ही भोजन का वितरण किया गया वही मंदिर में ताले लगे रहे और कोई भी आयोजन नही हआ खंडवा नीमच उज्जैन देवास ग्ना दमोह सिवनी नरसिंहप्र उमरिया सहित सभी जिलों में आज महावीर जंयती मनाई गई

इसमें दानदाता भी सहयोग कर रहे हैं